प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने कल से की सेवा सप्ताह की श्रूआत

और कल हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक उत्पादों पर कर के बोझ को कम करने की एक नई योजना की घोषणा की निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पांच खरब रुपए खर्च किए जाएगे उन्होंने बताया कि वस्त और सेवाकर जी एस टी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी

वित्तमंत्री ने निर्यातको के लिये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संशोधित नियमों की भी घोषणा की इसके तहत तीन खरब साठ अरब रुपए से लेकर छः खरब अस्सी अरब रुपए तक की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है वित्तमंत्री ने बताया कि दुबई शॉपिंग फेसटिवल की तर्ज पर देश में चार स्थानों पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएगे इनमें मुख्य रूप से हस्तशिल्प योग पर्यटन वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर जोर दिया जाएगा वित्तमंत्री ने निर्माणधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक खरब रुपए की विशेष व्यवस्था करने की भी घोषणा की यह राशि उन परियोजनाओं के लिए होगी जिन पर राष्ट्रीय कम्पनी कानून ट्रिब्यूनल के तहत दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही नहीं चल रही होगी उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इतनी ही राशि निजी निवेशकों की ओर से भी लगाई जाएगी

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने सत्रह सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हफूते भर चलने वाले सेवा सप्ताह की कल शुरुआत की श्री शाह ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरित कर और स्वच्छता अभियान में शामिल होकर इस अभियान का शुभारम्म किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दो अक्टूबर दो हजार चौदह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी इस अभियान का देश में व्यापक असर हुआ है उन्होंने धार्मिक सामाजिक व्यवसायिक संगठनों सहित आम लोगों से स्वच्छता ही सेवा की संकल्पना पर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि चित्रकूट सहित प्रदेश का हर एक गांव प्लास्टिक मुक्त बने इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए इस दौरान उन्होंने ब्रेदेलखंड के विकास के लिये कई करोड़ रूपये धनराशि की घोषणा भी की उधर हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मलिन बस्तियों में झाड़ू लगाकर सेवा सप्ताह का श्भारम्भ किया इस अवसर पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और खाद्य मंत्री चुन्नी सिंह भी मौजूद थे वाराणसी के बरियारपुर गांव में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसका श्भारम्भ राज्यमंत्री और स्थानीय विधायक रवीन्द्र जायसवाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सुनील ओझा ने किया मेरठ में स्थानीय सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने एक स्थानीय कॉलेज में नवनिर्मित कक्ष और शौचालयों का लोकार्पण कर सेवा सप्ताह की शुरूआत की आगरा में सेवा सप्ताह के पहले दिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया और मरीजों को फल वितरित किये इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएसधर्मेश और सांसद एसपीबघेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे गोरखपूर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया वहीं सीतापूर में सदर विधायक राकेश राठौर ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया इस मौके पर पार्टी द्वारा साइकिल रैली और रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया सेवा सप्ताह के दौरान पार्टी के सांसद विघायक और अन्य जनप्रतिनिधि विभिन्न भागों में आयेजित रक्तदान शिविर स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे सत्रह से बीस सितम्बर के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीवन पर आयारित दुर्लभ चित्रों की जगह जगह प्रदर्शनी लगायी जायेगी तथा उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक लोगों में वितरित की जायेगी विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार और जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभर से सम्मान स्वरूप मिले उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू हो गयी है केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कल नई दिल्ली में इसका शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गंगा के पुनर्रुद्वार और संरक्षण के कामों के लिये इन उपहारों की नीलामी का फैंसला किया है जो उपहार की कीमत है वो सबसे कम दो सौ रुपया है अधिकतम ढाई लाख रुपये है पिछला जो अनुमव रहा है जो कीमत तय की गई है उससे ज्यादा कीमत पर लोगों ने खरीदा है मुझे लगता है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है सबसे मूहत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो घन आएगा वो नमामि गंगे प्रोजक्ट में जाएगा मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं उन्होंने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना में योगदान देने के लिए बीस शीर्ष बोली लगाने वालों को प्रशंसा पत्र देगी इन उपहारों में भारत की विविधता के प्रतीक पांच सौ छिहत्तर शॉल नौ सौ चौसठ अंगवस्त्रम् अट्ठासी पगड़ी और जैकेट सहित दो हज़ार सात सौ से ज्यादा उपहार शामिल हैं उपहारों का न्यूनतम मूल्य दो सौ रूपये और अधिकतम ढाई लाख रूपये तय किया गया है इस साल जनवरी में पहले दौर की नीलामी में प्रधानमंत्री को मिले एक हजार आठ सौ से ज्यादा उपहारों की बिक्री हई थी और उससे हासिल धनराशि नमामि गंगे परियोजना के लिये दे दी गयी थी नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर तीन अक्तूबर तक जारी रहेगी

कल हिन्दी दिवस मनाया गया संक्षिान सभा ने चौदह सितंबर उन्नीस सौ उन्वास में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी इस अक्सर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में हिन्दी को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की विविध भाषाएं और बोलियां इसकी शक्ति हैं भाषा की समृद्धि का सवाल जहां तक है मैं सिर्फ हिन्दी की बात नहीं कर सकता देश की कोई भी भाषा उठा लिजिये दुनिया की सम्रद्ध से सम्रद्ध भाषा के साथ इसकी तुलना कर लीजिये हमारी भाषाओं की व्यापकता और सम्रद्धता दुनिया में सर्कश्रेष्ठ है यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकार हिन्दी को कानून और न्याय विज्ञान तथा चिकित्सा जगत के साथ साथ सभी क्षेत्रों की भाषा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी इससे पहले गृहमंत्री ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किये सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही हैं हिन्दी में परीक्षा प्रतिसर्धा की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है और इसलिए जो लोगों को यह आसंका होती थी कि भारतीय भाषा का क्या होगा विलुप्त होगी क्या तो यह विश्वास आज हो रहा है कि इंटरनेट पर भी भारतीय भाषाएं अपना परचम लहराएंगी और भारतीय भाषाएं और समृद्ध होंगी प्रदेश में हिन्दी दिवस के अक्सर पर कल विभिन्न जिलों में शैक्षणिक और साहित्यिक संगठनों सहित शिक्षण संस्थानों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय के संचार विभाग द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में हिन्दी भाषा के विविध आयामों पर चर्चा की गयी कूशीनगर में कई शैक्षणिक संस्थाओं और बैंक शाखाओं में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया जहां वक्ताओं ने कहा कि हिन्दी भाषा अपनी सहजता और लोकप्रियता से देश को एक सूत्र में बांधे हुए है मेरठ में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में तेरह से सत्ताईस सितम्बर तक जारी रहने वाले हिन्दी पखवाड़े का शुभारम्भ किया गया जिसमें क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने भी भाग लिया